प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू मुख्यमंत्री ने किया दो साल तक चलने वाले कार्यक्रम कार्यांजलि का शुभारंभ

नई दिल्ली में चार दिन के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए फोर पी आवश्यक है और ये चार पी का हमारा मंत्र है पोलिटिकल लीडरशिप पब्लिक फंडिंग पार्टनरशिप पीपुल्स पार्टिसिपेशन दिल्ली डेक्लरेशन के माध्यम से आप लोगों ने सर्वव्यापी स्वच्छता में इन चार महत्वपूर्ण मंत्रों को मान्यता दी है इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है

किस तरह से भारत के गांवों में बीमारियां कम हुई है इलाज पर होने वाला खर्च कम हुआ है और जब ऐसी खबर मिलती है तो कितना संतोष मिलता है करोड़ो भारतवासियों ने इस आंदोलन को आशा और परिवर्तन का प्रतीक बना दिया स्वच्छ भारत अभियान आज दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनोज इफैक्ट सिद्ध हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता जहां वर्ष दो हजार चौदह में अड़तीस प्रतिशत थी वह अब बढ़कर चौरानवे प्रतिशत हो गई है पांच लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं महात्मा गांधी जयंती कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयन्ती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया अगले वर्ष महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले समारोहों का आज शुभारंभ किया गया उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र गांधी जयंती को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है सत्रह जून दो हजार सात को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

राज्य सरकार ने इसके लिए कार्याजलि शीर्षक से दो साल की कार्ययोजना तैयार की है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गांधी जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के आनंद समाज वाचनालय परिसर में इस कार्ययोजना का शुभारंभ करते हुए कार्याजलि पुस्तिकाओं का विमोचन किया डॉक्टर सिंह ने इस मौके पर केयूर भूषण परिसर गांधी भवन और बुजुर्गो के लिए निर्मित सोलह नग बापू की कुटिया का भी लोकार्पण किया वहीं मुख्यमंत्री ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा और सेहत के लिए समर्पित गांधीवादी नब्बे वर्षीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रभुदत्त खेड़ा को प्रथम महात्मा गांधी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया उन्हें पुरस्कार के रूप में पांच लाख रूपये की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया इधर राजभवन के दरबार हॉल में आज गांधी दर्शन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन के साथ किया गया इसके पूर्व राजभवन परिसर में राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई

रायपुर स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक की उपस्थिति में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया इस अवसर पर पंद्रह सितंबर से दो अक्टूबर तक चल रहे स्वच्छता पखवाड़े की समीक्षा की गई वहीं बिलासपुर रेलमंडल में आज स्वच्छता पखवाड़े का समापन किया गया इस मौके पर स्वच्छता से संबंधित संगीतमय कार्यक्रम के अलावा स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान विशेष सहभागिता के लिए सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने स्वच्छता पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी

भारत स्काउट गाईड छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा आज दुर्ग में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया स्काउट गाईड के मुख्य आयुक्त गजेन्द्र यादव ने बताया कि इस प्रार्थना सभा में सभी धर्मो और समाज के प्रतिनिधियों के समक्ष स्काउट गाईड के बच्चों ने सर्व धर्म का संदेश वाचन किया और स्वच्छता की शपथ ली उधर भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवा के तहत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया तबादला राज्य सरकार ने दर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात विजय अग्रवाल को बिलासपुर का नया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया है जबकि मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक यातायात के पद पर पदस्थ बलराम हिरवानी को द्र्ग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात का दायित्व सौंपा गया है

रायपुर के पंडरी में मेला ग्राउंड और कन्वेनशन सेंटर बनाए जाएंगे वहीं रायगढ़ बिलासपुर राजनादगांव और दुर्ग को ्फल सब्जी मण्डी परिसरों में कोल्ड स्टोरेज और रायपनिंग चेम्बर की स्थापना की जाएगी कृषि मंत्री और राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ब्रजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक में इन सभी कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत एक सौ अड़तालीस करोड़ रूपये का अनुमोदन किया गया मुख्यमंत्री युवा संवाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि आज के युवा ही कल समाज और प्रदेश को नेतृत्व प्रदान करेंगे प्रदेश के युवाओं का जोश और ऊर्जा नवा छत्तेसगढ़ के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी डॉक्टर सिंह आज रायपुर में आयोजित युवा संवाद और प्रतिभा सम्मान संमारोह को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवा छत्तीसगढ़ दो हजार पच्चीस के निर्माण के संबंध में प्रदेश के युवाओं से चर्चा की और उनके सुझाव भी लिए मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के प्रतिभाशाली य्वाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने दंतेवाड़ा से इस यात्रा का शुभारंभ किया इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार बदलने का मन बना चुकी है वहीं कोरबा में राज्यसभा सांसद संजय सिंह खरसिया में सांसद सुशील गुप्ता और धमतरी में विधायक अलका लांबा ने झाड़ू चलाओ यात्रा का शुभारंभ किया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में फेसब्क लाईव के जरिये मतदाताओं से सीधा संवाद किया गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने प्रदेश के मतदाताओं से रूबरू होते हुए उनके द्वारा पूछे गए अनेक सवालों का जवाब देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया

इनमें एक महिला माओवादी भी शामिल है ये सभी माओवादी मर्दापाल और छोटेडोंगर क्षेत्र में सक्रिय थे उधर बीजापुर जिले में आज सीआरपीएफ के जवानों ने दस किलो ग्राम विस्फोटक बरामद किया जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया मिली जानकारी के मुताबिक गंगालूर थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ की टीम सर्चिंग पर निकली थी इस दौरान बीजापुर गंगालुर मार्ग में बरामद किया गया बस्तर थ्रीजी टॉवर भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल बस्तर में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से निपटने के लिए एक सौ चौदह नई जगह पर टॉवर खड़ा करेगा

बीएसएनएल के महाप्रबंधक पीके मरकाम ने बताया कि माओवाद प्रभावित इलाकों में अलग अलग टेम्पों में एक सौ तीस टॉवर लगाए गए हैं

प्रदेश में सुबेदार उप निरीक्षक और प्लाट्न कमांडर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आगामी पंद्रह अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है

इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित जा रहे हैं